उन्होंने कहा कि यदि पीड़ित परिवार एस आई टी की रिपोर्ट से संतुष्ट नहीं है तो इस मामले को उच्च जांच एजेंसी को सौंप दिया जाएगा राज्य विधानसभा में कल बजट सत्र के पहले दिन ड्ररांग पींच सहित चार पूर्व सदस्यों को श्रद्धांजलि देते हुए श्री खाण्डू ने यह बात कही श्रद्धांजलि में भाग लेते हुए ज्यादातर सदस्यों ने राज्य सरकार द्वारा जांच प्रक्रिया में तेजी लाने को सुनिश्चित करने की बात कही उपमुख्यमंत्री चाउना मेन ने प्रदेश के लोगों से स्वच्छ भारत के लिए स्वच्छ अरुणाचल के उद्देश्य के साथ नशे की लत के खिलाफ एकजुट होकर लड़ने का आह्वान किया ये बात श्री मेन ने हालही में ईटानगर में नशे के दुरुपयोग पर आयोजित राज्य स्तरीय समन्वय समिति बैठक को संबोधित करते हुए कहा श्री मेन ने नशे की लत को बर्दाशत न करने और इससे निपटने के लिए व्यापक कार्य योजना तैयार करने को कहा बैठक की अध्यक्षता करते हुए मुख्य सचिव सत्य गोपाल ने नशे की तस्करी करने वालो के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने और ऎसे अवैध गतिविधियों में संलिप्त व्यक्तियों पर एन डी पी एस अधिनियम के तहत मामला दर्ज करने को कहा श्री गोपाल ने नार्कोटीक प्रकोष्ठ पुलिस और सामाजिक न्याय जैसे सभी लिंक विभागों से मिलकर काम करने का निर्देश दिया उन्होंने नशे की लत एवं इससे संबंधित गतिविधियों में संलिप्त पाये गए सरकारी अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की भी बात कही केंद्रीय स्वास्थ्य राज्यमंत्री अश्विनी क्रमार चौबे ने कल कहा कि सभी को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिले इसके लिए कई कार्यक्रमों के माध्यम से स्वास्थ्य सेवाओं को सस्ता बनाया जा रहा है नई दिल्ली में राष्ट्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान के ईकतालीसवें वार्षिक समारोह को संबोधित करते हुए श्री चौबे ने कहा कि केंद्र सरकार ने आयुषमान भारत कार्यक्रम के तहत स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में दो महत्वपूर्ण पहल की हैं इसमें बीमारियों से बचाव और स्वास्थ्य संबंधी जागरुकता बढ़ाने पर जोर देना है श्री चौबे ने कहा कि इसके अंतर्गत डेढ़ लाख़ स्वास्थ्य केंद्र खोले जाएंगे जिससे लोग अपने घर के नजदीक प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ ले सकें जिसमें गैर संक्रामक बीमारियों का इलाज प्रसव की सुविधा और शिशु रोग का इलाज भी शामिल है स्वास्थ्य राज्य मंत्री ने कहा कि आयुषमान भारत के तहत द्रसरा कार्यक्रम राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा योजना है इसके अंतर्गत दस करोड़ गरीब और कमजोर परिवारों को प्रतिवर्ष पांच लाख़ रुपये की सहायता उपलब्ध कराई जाएगी अपर सियांग जिले के जनबो गांव में गत छह मार्च को बादल फटने से अंगोंग नालाह एस एच पी बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए रिपोर्ट के अनुसार बाढ़ से पन बिजली परियोजना के सेवन और पेन स्टॉक पाइपलाइन को भी क्षति पहुंचने की खबर है बाढ़ के कारण जमीन धसने से पावर हाउस पूरी तरह कीचड़ में डूब गई गौरतलब है कि यह परियोजना काम में लाए जाने और परीक्षण के कगार पर था और परीक्षण आगामी पंद्रह मार्च से शुरु होना था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के पिछड़े जिलों के विकास के लिए काम करने की जरुरत पर जोर दिया है श्री मोदी ने आज संसद के केंद्रीय कक्ष में दो दिन के राष्ट्रीय विधायक सम्मेलन का उदघाटन किया उन्होंने कहा कि सरकार ने एक सौ पंद्रह ऎसे जिलों की पहचान की है जो विकास की दृष्टि से कमजोर हैं श्री मोदी ने कहा कि अब यह पता लगाने की आवश्यकता है कि किन किन क्षेत्रों में इन जिलों की स्थिति सुधारी जानी चाहिए प्रधानमंत्री ने कहा कि संबंद्व पक्ष एक बार इन जिलों के किसी एक पहलू में परिवर्तन लाने का फैसला करते है तो अन्य कमियों को दूर करने की रफ्तार तेज हो जाएगी उन्होंने कहा कि मिशन की भावना से साकारात्मक बदलाव लाना होगा सरकार का लक्ष्य सामाजिक न्याय प्रदान करना है श्री मोदी ने कहा कि सार्वजनिक भागीदारी हमेशा मददगार सिद्ध होती है और जहां कहीं अधिकारियों ने लोगों के साथ मिलकर काम किया और उन्हें विकास प्रक्रिया में शामिल किया वहां अच्छे परिणाम सामने आए उन्होंने कहा कि ऎसे जिलों की तरक्की से मानव विकास सूचकांक में भारत की स्थिति बेहतर हो जाएगी दो दिन के सम्मेलन का विषय है विकास के लिए हम सम्मेलन का उद्देश्य देशभर के सांसदों और विधायकों को आपस में अनुभव साझा करने का मंच प्रदान करना और स्थायी विकास का लक्ष्य प्राप्त करने के उद्देश्य से विकास के मुद्दे पर विचार करना है सम्मेलन में उन प्रतिनिधियों को विशेष अवसर उपलब्ध होगा जिनके निर्वाचन क्षेत्रों में विकास की अधिक सम्भावनाएं हैं राजस्थान विधानसभा ने बारह बर्ष से कम आयु की बालिका के साथ द्रष्कर्म के दोषी को मृत्युदंड देने संबंधी विधेयक को मंजूरी दे दी है आपराधिक कानून राजस्थान संशोधन विधेयक में दो संशोधनों का प्रस्ताव किया गया है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 आज का अधिकतम तापमान तीस दशमलव सात डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान सौलह दशमलव पांच डिग्री सेल्सियस रिकार्ड किया गया